मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत सहित चुनाव आयोग का दल तीन दिवसीय प्रदेश दौरे पर

मुख्यमंत्री बैठक भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी

माना जा रहा है कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चल रहे जन कल्याण के कार्यों की समीक्षा की जाएगी आगामी लोकसभा चुनावों और तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्रियों की बैठक में सुशासन और गरीबों के हित की नीतियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी

विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यनमंत्री भी एक दिन की इस बैठक में भाग लेंगे

उनके साथ अन्य अधिकारी भी प्रदेश दौरे पर है आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा लिए ये दल आया हुआ है राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकांताराव ने बताया कि आज आयोग के साथ सुबह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक होटल जहांनुमा पैलेस में होगी

नर्मदा भवन में दोपहर से रात तक संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक होगी सीएम लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में नव निर्मित कलेक्टोरेट भवन का लोकार्पण किया

उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में लगी फोटो गैलरी का भी अवलोकन किया श्री चौहान ने नवीन आईटीआई भवन सोंडवा का लोकार्पण और ग्राम साजनपुर और बालपुर में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर तथा ग्राम लक्ष्मणीमें मुख्यमंत्री नल जल योजना का शिलान्यास किया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर में चन्द्रशेखर विज्ञान पार्क का लोकार्पण किया इस मौके पर राज्यसभा सांसद प्रभात झा किसान कल्याण एवं कृषि विकास राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार सहित अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे

इस महाकृभ में प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे पाटी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कल भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है उन्होंने बताया कि यह यात्रा पच्चीस सितम्बर के बाद भी जारी रहेगी श्री सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है पार्टी राज्य में भारी बहमत से चौथी बार सरकार बनायेगी इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सांसद आलोक संजर विधायक रामेश्वर शर्मा ओर सुरेन्द्र नाथ सिंह ने आयोजन स्थल जम्बूरी मैदान पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया

निर्देश ई उपार्जन ई उपार्जन सॉफ्टवेयर में किये जा रहे किसानों के पंजीयन पर प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण नीलम शमी राव ने पंजीयन केन्द्र के प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रक्रिया में किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिये उन्होंने कहा कि टेक्नालॉजी किसानों की सुविधा के लिये है पंजीयन प्रक्रिया में जहाँ कठिनाई है या प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझा जा रहा है वहाँ के पंजीयन केन्द्र के कर्मचारियों को पुनः मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से ट्रेनिंग दी जायेगी अपेक्स बैंक के सभागार में कल पंजीयन केन्द्र प्रभारियों और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य द्वारा ये निर्देश दिये गये

यह राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाई गई

स्कूल शिक्षा विभाग ने एनआईसी की मदद से समग्र शिक्षा पोर्टल का तैयार किया है इस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों का डाटा संधारित किया जा रहा है विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के मापदण्ड अनुसार इस पोर्टल द्वारा छात्रवृत्ति की पात्रता का निर्धारण कर ऑनलाइन भूगतान किया जा रहा है

कल देश को एक स्वर्ण के साथ तीन रजत और एक कांस्य पदक मिला पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चौपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया एथलेटिक्स में धरुण अय्यासामी ने चार सौ मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक हासिल किया है सुधा सिंह ने महिलाओं की तीन हजार मीटर स्टीपल चेज में और वहीं नीना वराक्विल ने महिलाओं की लंबी कृद में रजत पदक हासिल किया बैडमिंटन में सायना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता वहीं दूसरी ओर सेमीफाइनल में पी वी सिंधू ने जापान की अकाने यामागूची को हराकर महिला सिंगल्सस के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया एशियाई खेलों के बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने वाले एक मात्र भारतीय महिला हैं

चीन पहले जापान दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्था न पर बना हुआ है मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल झाबुआ जिले के राणापुर ब्लॉक के ग्राम बन में रामसिंह के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले पक्के घर में गृह प्रवेश करवाया इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद थे रामसिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते हैं उनके पास एक कमरे का मिटटी और खपरैल की छत वाला मकान था

हितग्राही रामसिंह कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की वजह से मेरा भी पक्का मकान बन गया है घर के साथ शौचालय भी बन जाने से शौच के लिये परिवार को बाहर भी नहीं जाना पड़ता है

सर्वाधिक वर्षा उमरिया में और सबसे कम बारिश अलीराजपुर में दर्ज की गई है